केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा जीएसटी अर्थव्यवस्था में शामिल सभी हितधारकों के लिए साबित हुआ गेमचेंजर

प्रदेश कांग्रेस ने बढ़ते सड़क हादसों पर जताई चिंता सरकार से हादसों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का किया आग्रह जल संरक्षण केंद्र सरकार ने देश में जल संरक्षण के लाभ और जल संसाधनों के गिरते स्तर के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान शुरू किया है आज नई दिल्ली में इसकी शुरूआत करते हुए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संरक्षण अब राष्ट्रीय प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जल की किल्लत के खतरे से देश को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए जल शक्ति अभियान दो चरणों में शुरू किया गया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रूस और हिमाचल प्रदेश पर्यटन कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर सकते हैं वे आज शिमला में उनसे मिलने आए भारत में रूस के राजदूत निकोलय आर कुडाशेवा के साथ बातचीत कर रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और रूस की भौगोलिक व संस्कृति सहित अनेक समानताएं हैं उन्होंने रूसी राजदूत को नवम्बर में धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर मीट की जानकारी देते हुए इसमें शामिल होने का न्यौता दिया रूसी राजदूत ने कहा कि रूस ग्लोबल इंवेस्टर मीट में सक्रिय भूमिका निभाने का हरसंभव प्रयास करेगा जीएसटी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जीएसटी अर्थव्यवस्था में शामिल सभी हितधारकों के लिए गेमचेंजर रहा है आज नई दिल्ली में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी को गुड एंड सिम्पल स्कीम कहा है और इसने भारत को एक आम बाजार बना दिया है अनुराग ठाकुर ने सभी अधिकारियों से भारत में जीएसटी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीएसटी बनाने का आहवान किया उन्होंने जीएसटी में नकली चालान के बारे आगाह करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे आज शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र के देहा में विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ठाकुर ने चौपाल खंड में चल रही विभिन्न पेयजल योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया और पेयजल भंडारण टैंकों की समय पर सफाई करने के निर्देश दिए सिंचाई मंत्री ने नाबार्ड की पेयजल योजनाओं की समीक्षा की और इनके सुचारू क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को तुरंत दुरूस्त करने के आदेश दिए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लघु व सीमांत बागवानों को जल्द कीटनाशक उपलब्ध करवाने और इस बारे में जागरूकता शिविर लगाने को भी कहा विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याएं निपटाने को कहा है सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि इस योजना में आयुष्मान भारत योजना से छुटे हुए परिवारों को शामिल किया जाएगा

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के गोशाल गांव में जनसमस्याएं सुनने के बाद ये जानकारी दी

कृषि मंत्री ने लोगों की मांग पर बरगुल मूलिंग शिपटिंग और गोशाल गांव के लिए इसी सप्ताह रसोई गैस की सप्लाई भेजने के निर्देश भी दिए

इस बीच उन्होंने आज केलंग में हिम केयर योजना के संबंध में पंचायत सचिवों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ऊना जिला के अंब अंदौरा और अंबाला कैंट पैसेन्जर रेलगाड़ी के मार्ग विस्तार का शुभारंभ किया उन्होंने इस रेलगाड़ी को दौलतपुर चौक स्टेशन तक विस्तार किए जाने को हरी झण्डी दिखाई इस अवसर पर दौलतपुर चौक स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे इस रेलगाड़ी के शुरू होने से धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी आने जाने वाले श्रद्वालुओं को सुविधा होगी इससे गगरेट के लोगों को भी फायदा होगा दुर्घटना शिमला के खलीनी में झंझीड़ी के पास चैल्सी स्कूल के बच्चों को ले जा रही पथ परिवहन निगम की बस के आज सुबह खाई में गिरने से दो छात्राओं सहित चालक की मृत्यू हो गई

जिन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है मृतक बच्चों में महल और मान्य शामिल हैं जबकि बस चालक की पहचान नरेश के रूप में हई है मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी जाकर उपचाराधीन घायल बच्चों का कुशमक्षेम पूछा और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे

शोक इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बस हादसे पर दुख जताया है एक ट्वीट में उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बस द्वर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी इस बस हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवालय ने भी इस दुर्घटना में स्कूली बच्चों और चालक की मृत्यु पर दुख जताया है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में बढ़ते बस हादसों पर चिंता जताते हुए परिवहन मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की है उन्होंने कहा है कि परिवहन मंत्री अपने विभाग को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह असफल रहे हैं कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि परिवहन निगम के पास सैंकड़ों नई बसें खड़ी हैं बावजूद इसके खटारा बसों को चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि खलीनी में हुए बस हादसे का एक कारण ये भी है

उन्होंने प्रदेश सरकार पर इस मामले में कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है